राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की उचित मूल्यों की दवाई की दुकानें होंगी ऑनलाईन गुरू पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया

इससे खुले में मलबे को फैंकने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर रोक लग सकेगी इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने पर भी मोहर लगाई

एमओयू प्रदेश में सौ मेगावॉट के सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और मैसर्ज फ्रंटलाईन दिल्ली के बीच एक संमझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की मौजूदगी में बहउददेशीय परियोजना और उर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस एमओयू पर हस्तक्षर किए

उन्होंने बताया कि सरकार ने देश के सभी छोटे और मझौले किसानों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की है भेंट मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट कर उन्हें अपनी पुस्तक लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिसिज एंड लैसन्स फॉर इंडिया भेंट की राज्यपाल ने अग्रवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पुस्तक में वैश्विक स्तर की प्रचिलत पंजीकरण प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तृत किया गया है उन्होंने कहा कि ये पुस्तक नीति निर्धारकों वकीलों और राजस्व से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी भी लाभन्वित होगा

शिमला से जारी एक ब्यान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस वसूली पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि प्रदेश के बागवानों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाना चाहिए और सभी आड़तियों पर नज़र रखनी जरूरी है राठौर ने सेब सीजन को देखते हुए सड़कों की दशा सुधारने और उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार से आग्रह किया है उद्यान योजना मंडी जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की जाएगी अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि ये योजना जिले में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन बनाने में मददगार साबित होगी मंडी में अभियान के सफल संचालन के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हर पंचायत में बेटियों के नाम पर एक उद्यान स्थापित किया जाएगा उचित मूल्य दुकान प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्यों की दवाई की दुकानों को ऑन लाईन किया जाएगा ताकि जरूरतमंद रोगियों और उनके सहायकों को सुविधा मिल सके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी

इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा है कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है इधर प्रदेश मैं भी गुरू पूर्णिमा के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन स्थित संस्कृत महाविद्यालय में कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा साहित्य संगीत संगम का आयोजन किया गया इस अवसर पर संस्कृत के ज्ञाताओं और संगीतज्ञों को सम्मानित किया गया हमीरपुर स्थित नेता जी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गुरू के योगदान के महत्व को विद्यार्थियों के साथ सांझा किया गया इधर शिमला के राम मंदिर में सामाजिक व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने गुरू पूर्णिमा पर महासंत्संग का आयोजन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आश्रम बैंग्लुरू से स्वामी श्रद्वानंद विशेष रूप से मौजुद रहे

हमीरपुर में महिला व बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी दी

ग्रांफू काजा सड़क लाहौल स्पीति जिले में ग्रांफू काजा सड़क दो सप्ताह पहले आवाजाही के लिए बहाल हो गई है मगर इस मार्ग की खस्ता हालत से बड़े वाहन व बसों की आवाजाही नहीं हो पा रही है लाहौल और स्पीति को जोड़ेने वाली इस सड़क की खराब स्थिती से स्पीति घाटी में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने को साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है घाटी के लोगों का कहना है कि पिछले दस वर्षो से बीआरओ के अधीन होने से सड़क की कोई मुरम्मत नहीं हुई है

आयकर अधिकारी धर्मेद्र वर्मा ने व्यापारियों को टैक्स जमा करवाने में आ रही कठिनाइयों के समाधान के बारे में जानकारी दी

व्यापारियों ने इस कार्यक्रम को लाभकारी बताते हुए कहा कि टैक्स जमा कराने संबंधी शंकाएं दूर होने के अलावा उन्हें इस कार्यक्रम में बहुमूल्य जानकारी मिली है

ज़िला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी ने बताया कि इस मौसम में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाता है ऐसे में रिवर राफिटंग सहित अन्य गतिविधियां खतरनाक साबित हो सकती है